विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के अनुसार विधि एवं विधायी कार्यमंत्री पीसी शर्मा इसका प्रस्ताव सदन के पटल पर रखेंगे श्री सिंह ने कहा कि विधानसभा द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा

राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि संसदीय मर्यादाओं का पालन करना सदन के सभी सदस्यों की नैतिक जिम्मेदारी है राज्यपाल कल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेन्ट्री एसोसिएशन के सातवें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री टंडन ने कहा कि सदन का प्रत्येक सदस्य जनता का प्रतिनिधि है चाहे वह किसी भी पक्ष का क्यों न हो टंडन ने कहा कि संसदीय मर्यादाओं के पालन की जितनी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की है उतनी ही जिम्मेदारी सदन के प्रत्येक सदस्य की भी है श्री टंडन ने कहा कि विपक्ष को सदन में अपनी बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता ही लोकतंत्र का मूलमंत्र है वाद विवाद होना चाहिए लेकिन सदन की मर्यादाओं का भी पालन किया जाना चाहिए इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस तीन दिवसीय कॉमनवेल्थ पार्लियामेन्ट्री एसोसिएशन के सम्मेलन का शुभारंभ किया ऑपरेशन क्लीन इंदौर जिले में ऑपरेशन क्लीन के प्रथम चरण में गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के पात्र सदस्यों को प्लाट आवंटन की कार्यवाही की जानी है इसके लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर में आज से तीन दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है इस शिविर में गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के पात्र सदस्यों से प्रीमियम राशि जमा करायी जा रही है राशि जमा करने के बाद भूखंड आवंटन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी

इंदौर के अभय प्रशाल में इंदौर जोन के पूलिस महानिरीक्षक विवेक शर्मा के मुख्य आतिथ्य में समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रणजीत सिंह देवके ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में यातायात सुधार में योगदान देने वाले सभी गणमान्य लोगों को सम्मानित किया जाएगा सप्ताह के दौरान हुई वाद विवाद चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को भी पुरुस्कार प्रदान किए जाएंगे

इच्छुक औद्योगिक ईकाइयां निर्धारित आवेदन में जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं आवेदन ऑनलाइन ही मंजूर किये जायेंगे

मौसम राजधानी भोपाल सहित राज्य के अधिकांश जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है कई स्थानों पर बारिश के कारण तेज ठंड बरकरार है

अन्य संभागों में मौसम शृष्क रहा मुरैना में बारिश और ओले गिरे जिले के पोरसा क्षेत्र में बारिश के बीच दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई न्यूनतम तापमानों में सभी जिलों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ

मौसम केंद्र के अनुसार आज ग्वालियर चंबल सागर संभागों जिलों तथा रीवा सतना छिंदवाडा और सिवनी गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है किकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज गुजरात के राजकोट में खेला जाएगा मैच का आंखों देखा हाल दिन में एक बजे से आकाशवाणी के एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा